इसका उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं को मतदाता सूची में नामांकन के लिए प्रेरित करना है इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्तए सतर्कए सुरक्षित और जागरूक बनाना है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने च्नाव संबंधी विभिन्न कार्यों के दौरान उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय प्रस्कार प्रदान किए नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उन्होंने निर्वाचन आयोग के वैब रेडियो हैलो वोटर्स की श्रूआत की इस मौके पर केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ई एपिक कार्यक्रम का श्भारंभ किया ई एपिक फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र का डिजिटल स्वरूप है और इसे वोटर हेल्पलाइन ऐप तथा वेबसाइट पर देखा जा सकता है वहींप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस एक ऐसा अवसर हैए जब लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत बनाने और च्नावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में निर्वाचन आयोग के योगदान की सराहना की जानी चाहिए इधर भोपाल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह हमीद्रल्ला हॉलए मिंटो हॉल भोपाल में किया गया इस अवसर पर आयोजित समारोह के म्ख्य अतिथि राज्य निर्वाचन आय्क्त बसंत प्रताप सिंह थे

राष्ट्रपति का संबोधन शाम सात बजे से आकाशवाणी के सम्रचे नेटवर्क और द्रदर्शन के सभी चैनलों से हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा राष्ट्रपति के संबोधन के त्रंत बाद द्रदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी से क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात साढे नौ बजे से किया जाएगा

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल प्रस्कार के तहत बाल शक्ति प्रस्कार कला और संस्कृतिए खेलए समाजिक सेवाए स्कूली क्षेत्र और बहाद्री के क्षेत्र में असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को सम्मानित किया जाता है

कला और संस्कृति के क्षेत्र में सात प्रस्कार दिये गये हैं वहींए नौ प्रस्कार नवाचार के लिए और पांच प्रस्कार स्कूल संबंधी उपलब्धियों के लिए दिया गया है सात बच्चों को खेल श्रेणी में प्रस्कार दिये गये हैं इसके अलावा तीन बच्चों को उनकी बहाद्री के लिए और एक बच्चे को समाज सेवा के क्षेत्र में उसके प्रयासों के लिए दिया गया है

मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार परेड का प्रतिनिधित्व पुलिस की प्लाटून करेंगी